राजेश्वर गोयल ने चुनाव के दृष्टिगत नियुक्त सभी नोडल अधिकारियों को बेहतर समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश भी दिए है शिमला में आज विभिन्न नोडल अधिकारियों के साथ एक बैठक में उन्होंने कहा कि स्वस्थ लोकतंत्र के लिए शत प्रतिशत मतदान सुनिश्चित बनाना बेहद जरूरी है जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतदाताओं को जागरूक करने और सभी पात्र नागरिकों के मतदाता पहचान पत्र बनाने पर भी बल दिया

डीसी लाहौल लाहौल स्पीति के जिला निर्वाचन अधिकारी अश्वनी कुमार चौधरी ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से आदर्श चुनाव आचार संहिता का पालन सुनिश्चित बनाने को कहा है केलंग में आज एक बैठक में उन्होंने चुनाव संबंधी जरूरी दिशानिर्देश दिए और चुनाव के दौरान इस्तेमाल होने वाली गाड़ियों के दाम भी तय किए चौधरी ने कहा कि शैक्षणिक संस्थानों में चुनावी रैली करने की अनुमति नहीं दी जाएगी और अन्य सार्वजनिक स्थलों में रैली के आयोजन के लिए संबंधित एसडीएम की अनुमति लेना जरूरी है

जिला निर्वाचन अधिकारी युनूस ने कुल्लू में आज मनाली बंजार और कुल्लू विधानसभा क्षेत्र के बूथ लेबल और नोडल अधिकारियों के साथ एक बैठक में ये बात कही

इस अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को ताजा पानी के महत्व और ताजा पानी के स्रोतों के टिकाऊ प्रबंधन के प्रयासों की जानकारी दी गई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

टवीट संदेश में वेंकैया नायडू ने कहा कि स्कूली बच्चों सहित सभी को पानी की हर ब्रेंद बचाने का महत्व समझाया जाए क्योंकि पानी पर सभी का अधिकार है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 किशन कपूर खाद्य आपूर्ति मंत्री व चंबा के जिला चुनाव प्रभारी किशन कपूर ने कहा है कि भाजपा लोकसभा चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है और इसी कड़ी में प्रदेश के प्रत्येक चुनाव क्षेत्र में कार्यशालाएं आयोजित की जा रही है वे आज चंबा में पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक को सम्बोधित कर रहे थे बाद में पत्रकारों के साथ बातचीत में कपूर ने कहा कि पार्टी प्रदेश की चारों सीटों पर जीत हासिल करेगी और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में एक बार फिर भाजपा की सरकार बनेगी उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने गद्दी समुदाय के साथ हमेशा अन्याय किया है स्वीप कार्यक्रम भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार चुनाव में लोगों की सहभागिता बढ़ाने और शत प्रतिशत मतदान सुनिश्चित बनाने के लिए प्रदेश भर में स्वीप कार्यक्रम के माध्यम से मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है इसी कडी में शिमला के कसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला गुम्मा और राजकीय उच्च पाठशाला डाबरी में सहायक निर्वाचन अधिकारी नीरज गुप्ता ने अध्यापकों व विद्यार्थियों को मतदान के प्रति जागरूक किया

स्वीप के नोडल अधिकारी दिलीप वर्मा ने ईवीएम और वीवीपैट की जानकारी दी पोषण पखवाड़ा प्रदेश के विभिन्न भागों में पोषण पखवाड़े के दौरान अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए इसी कडी में आज हमीरपुर स्थित नेता जी सुभाषचंद्र बोस स्मारक महाविद्यालय में भी एक कार्यक्रम आयोजित किया गया मैडिकल कॉलेज हमीरपुर के डॉक्टर भावेश भरवाल प्रधानाचार्य हरदेव सिंह जमवाल और राष्ट्रीय स्वयं सेवक कार्यक्रम अधिकारी मनोज डोगरा ने विद्यार्थियों को कुपोषण के विषय में जानकारी दी